मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी गई

कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि अब तय प्रीमियम देकर कर्मचारी और पेंशनर्स योजना का लाम ले सकेंगे

कैबिनेट ने मंत्रियों के स्वेच्छानुदान में भी बढ़ोतरी कर दी है अब मंत्रियों को एक करोड़ खर्च करने के अधिकार रहेंगे

माजपा जनसंपर्क भारतीय जनता पार्टी नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आज से दस दिन का व्यापक जनसम्पर्क अभियान शुरू कर रही है भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में जबकि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा गाजियाबाद में जनसम्पर्क अभियान में भाग लेंगे अभियान के दौरान पार्टी ने तीन करोड़ परिवारों से सम्पर्क का लक्ष्य रखा है केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर आज मुरैना में इस कानून को लेकर प्रवृद्धजनों को संबोधित करेंगे वहीं नेता प्रतिफ्क गोपाल भार्गव सागर जिले के गढ़ाकोटा में जनसंपर्क अमियान में भाग लेंगे

इन शिविरों में चिन्हित हितप्राहियों को योजना के संबंध में जानकारी देने के साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा

उन्होंने बताया कि शिविर में पात्र हितग्राहियों की पहचान कर निःशुल्क गोल्डन कार्ड भी दिए जायेंगे कचरा रहित शासकीय परिसर इंदौर का प्रशासनिक संकुल प्रदेश का पहला ऐसा शासकीय कार्यालय बन गया है जिसमें सनी प्रकार के कचरे का निपटान कार्यालय परिसर में ही हो रहा है कार्यालय परिसर को कचरा रहित परिसर बनाने के लिए मिनी मटेरियल रिकवरी फेसिलिटी शुरु की गई है जिसके तहत कचरे का संग्रहण उनका पृथक्करण और पुनः उपयोग योग्य बनाने की प्रक्रिया की जाएगी निजी कंपनी के सहयोग से लगाई गई कचरा निपटान मशीनों का संचालन एक स्वयंसेवी संगठन करेगा सुखे कचरे के प्रथक्करण के लिए दस ड्रम रखे गये है जिसमे प्लास्टिक बोटल थैली कांच के अलावा अलग अलग कचरे को जमा किया जा रहा है जिन्हें सीधे रिसाईकलिंग के लिए भेजा जाता है

डॉ दुबे फिलहाल गांवी मेडिकल कॉलेज भोपाल में प्रोफेसर और मेडिसिन विमाग प्रमुख हैं विश्व ड्रेगन बोट स्पर्घा देश में पहली बार विश्व ड्रेगन बोट स्पर्धा का आयोजन इंदौर में किया जाएगा

इसके लिए बिलावली तालाब को विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है उन्होंने बताया कि प्रदेश में हाकी के खेल को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के हॉकी टर्फ का निर्माण किया जाएगा श्री पटवारी ने कहा कि इंदौर में खेल संकृत और तैराकी अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है बैगा ओलंपिक बालाघाट जिले के बैहर में कल से बैगा ओलंपिक खेल शुरू हुए

विघान सभा उपाध्यक्ष हिना कावरे ने शुभारंभ कार्यक्रम में बताया कि जंगल में रहने वाले बैगा आदिवासियों को जीवन की मुख्यघारा से जोड़ने का यह छोटा सा प्रयास है

यह मैच शाम सात बजे शुरू होगा आकाशवाणी से इस मैच का आखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा इस मैच में तेज गेंदबाज जसप्रीत ब्रमराह और सलामी बल्लेबाज शिखर धवन पर नजर रहेगी क्योंकि दोनों ही अपनी चोटों से उबरने के बाद वापसी कर रहे हैं